मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की देशभर के विदयार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जे ई ई एडवान्स परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी

क्वारंटीन उधमसिंह नगर लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से आ रहे लोगों की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है उधमसिंह नगर जिले के रुद्रप्र में राधा स्वामी सत्संग भवन में प्रवासियों को लाया जा रहा है जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों दवारा उनकी काउंसलिंग की जा रही है साथ ही मेडिकल जांच के बाद उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में भेजा जा रहा है

लोग क्वारंटीन अवधि के दौरान अवसाद में ना जाएं इसलिए सभी की काउंसलिंग कराई जा रही है

बैठक में राज्य की आर्थिकी में सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृदधि के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष इंद् क्मार पाण्डे ने अन्तरिम रिपोर्ट भी म्ख्यमंत्री को सौंपी उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए

फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योगों में उत्पादन श्रू हो गया है वित सचिव सौजन्या ने कहा कि सभी जिलों में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं

ग्रीन जोन में सर्वाधिक रियायतें दी गई है ग्रीन जोन में देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों में छूट दी गई है स्कूल कॉलेज सिनेमाघर मॉल जिम खेल परिसर में गतिविधियां प्रतिबंधित हैं धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक सभाएं भी आयोजित नहीं की जा सकेंगी होटल और रेस्टोरेंट नहीं ख्लेंगे

ऑरेंज जोन में बसों का परिचालन बंद है

दोपहिया वाहनों पर चालक और एक सवारी को अन्मति है रेड जोन को दो श्रणियों बांटा गया है कंटेनमेंट जोन और उसके बाहर के क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर के शहरी क्षेत्रों में रिक्शा टैक्सी कैब स्पा सलून नाई की द्वकान के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति नहीं है क्छ औद्योगिक इकाइयों में सशर्त काम श्रू किया गया है सरकारी दफ्तर और आपातकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी छट के दायरे में है कंटेनमेंट जोन के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औदयोगिक और निर्माण गतिविधियों दुकानों कृषि और बागवानी गतिविधियों को छूट दी गई है स्वास्थ्य सेवाएं भी श्रू हो गई हैं कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस को भी अन्मति है लेकिन यह सभी सेवाएं शर्तों के साथ संचालित हो रही हैं रेड जोन के कंटेनमेंट जोन के अंदर के क्षेत्रों में अभी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है

हरिदवार के मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर और अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्र ने प्लिस और स्वास्थय विभाग के साथ मिलकर व्यवस्थाएं की हैं यात्रियों को उनके गंतव्य तक भैजने के लिए इस्तेमाल की जा रही बसों को सैनेटाइज किया जा रहा है हरिदवार पहंचे सभी यात्रियों को गढ़वाल और क्मांड के विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है यात्रियों के हाथों पर एक म्हर भी लगायी गयी है जिससे उन्हें आगे की यात्रा में परेशानी न हो

वाहनों में बिठाने से पहले उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की गई शहीद अंत्येष्टि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद लांसनायक दिनेश सिंह का आज सरयू और रामगंगा नदी के संगम पर स्थित रामेश्वर घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद के गांव को जाने वाली निर्माणाधीन सड़क ध्याणी मानेश्वर मोटरमार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की सूर्यकांत धस्मान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी के लिए राज्य सरकार से समुचित कार्रवाई करने की मांग की है